कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने इन परीक्षणों की सिफारिश की है भारत के औषधि महानियंत्रक ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ये परीक्षण पांच सौ पच्चीस स्वस्थ वालंटियर्स पर किए जाएंगे परीक्षण के दौरान वालंटियर्स को दोनों टीके लगांए जाएंगे

यदि इसे शत प्रतिशत कर दिया जाए तो राज्य अपने चिकित्सालयों में ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य व्यवस्थाएं बढ़ा सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं और टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है उन्होने बताया कि आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन बेड आईसीयू और वेंटिलेटर बढ़ाये जा रहे हैं उन्होने कहा कि राज्य में वैक्सीनेशन तेज गति से हो रहा है

उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को सैम्पलिंग बढाने और ग्रामीण क्षेत्रों में एन्टीजन टैस्ट में तेजी लाने के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में बनाए गए कन्टेनमेंट जोन पर विशेष नजर रखते हुए निर्धारित मानकों का पालन करवाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कान्टेक्ट ट्रेसिंग प्रभावी सर्विलांस के साथ ही सैम्पलिंग बढाई जाए जिलाधिकारी ने आमजनमानस से अनुरोध किया आवश्यक वस्तुओं को लेने के लिए बाजारों में आने पर मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करें अनावश्यक ना घूमें यदि किसी व्यक्ति में लक्षण प्रतीत हो रहें है तो चिकित्सकों से परामर्श लें जिलाधिकारी ने जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को विधिक सेवा प्राधिकरण और कोषागार कर्मचारियों का टीकाकरण के लिए कैम्प लगवाने के भी निर्देश दिए

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को टीकाकरण और सैम्पलिंग को और बढाने के निर्देश दिए उन्होने मोबाईल टीमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण और सैम्पलिंग में तेजी लाने के भी निर्देश दिए

उन्होने सीएमओ को निर्देश दिये कि एम्बुलेंस में सभी व्यवस्थाओं को दुरूस्त रखे और सीएमएस व पीएमएस भी अपने स्तर से निरंतर व्यवस्थओं की जांच करते रहे

इस बीच थानाध्यक्ष सल्ट धीरेन्द्र पन्त पुलिस जवानों और होमगार्ड के साथ अपने क्षेत्र में जरूरतमन्दों तक राशन किट और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचा रहे हैं

मिशन हौसला मिशन हौसला के तहत पौड़ी जिले की एसएसपी पी रेणुका देवी के मार्गदर्शन में जरूरतमंद लोगों के लिए कम्युनिटी बास्केट सेवा शुरू की गयी है हमारे प्रतिनिधि के अनुसार जिले के सभी थानों में कार्यरत पुलिसकर्मी जरूरतमंद मजदूर असहाय नागरिक और कोरोना पॉजिटीव मरीजों के तीमारदारों को राशन सब्जी और औषधियाँ पहुंचा रहे हैं पुलिस नगर क्षेत्र के जरूरत मंद लोगों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी यह सहायता प्रदान कर रही है

इस दौरान कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई जिससे तापमान में कमी आयी है जबकि कई क्षेत्रों में हल्की धूप देखी गयी देहरादून के कई क्षेत्रों में भी दोपहर के समय बारिश हुई नैनीताल जिले के कैंचीधाम के आसपास अतिवृष्टि से क्षति पहंचने के समाचार हैं मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी टिहरी रुद्रप्रयाग पौड़ी अत्मोड़ा बागेश्वर चम्पावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं गर्जन के साथ तीव्र बारिश होने के आसार हैं

इस दौरान आवागमन सहित अन्य गतिविधि प्रतिबंधित रहेंगी जिलाधिकारी मनुज गोयल ने बताया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है उन्होंने बताया कि इस दौरान भीड़ भाड़ जमा न हो यह भी निश्चित किया जाएगा साथ ही सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी